ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला में कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में सामान्य स्थिति को बहाल करने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने व कमज़ोर वर्गों की आर्थिक व खाद्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए चरणबद्द तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है

इनमें एक रेड चार ऑरेंज और एक ग्रीन जोन होगा जयराम ठाकुर ने कहा कि चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट इलाकों को अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा और इन इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सामान्य जीवन की सुरक्षा के लिए आपातकालीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों व चिकित्सकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि इस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में प्रभावित हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को राज्य की आर्थिक क्षमता के आधार पर सहायता देने का प्रावधान रखा जाएगा

इसे लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश जारी किया है सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण शीघ्र राहत और सहायता की जरूरत है जिसे देखते हुए महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कुछ आकस्मिक उपाय किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है और लोगों की पहचान कर सैंपल इक्कठे किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने लॉकडाउन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश की आर्थिक सेहत सुधारने पर जोर लॉकडाउन से निकलने के लिए एग्जिट प्लान बना रही सरकार पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति को देखते हुए तैयार की जाएगी एग्जिट योजना दैनिक भास्कर के शब्द हैं छह जोन में बंटेगा हिमाचल कोरोना का हॉट स्पॉट क्षेत्र होगा रेड जोन एरिया में दिव्य हिमाचल लिखता है कोरोना से निपटने के लिए छह हिस्सों में बांटा जाएगा प्रदेश

हिमाचल दस्तक के मुताबिक लॉकडाउन एग्जिट प्लान तैयार खुल सकता है आधा हिमाचल आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है हिमाचल में अन्य हिस्सों से पूरी तरह अलग होंगे हॉट स्पॉट चंबा के तीन जमाती स्वस्थ कांगड़ा हॉट स्पॉट से बाहर दैनिक जागरण की एक खबर है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल के लिए राहत भरा दिन कोई नया केस नहीं

हिमाचल में मुख्यमंत्रियों मंत्रियों व विधायकों के वेतन भत्तों में कटौती शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है कटौती के कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार ने जारी किया अध्यादेश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

नमस्कार